प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों को करेंगे संबोधित

प्रदेश में विभिन्न अंचलों में कल दिन भर हुई बूंदाबादी और बारिश से ठंड का असर बढ़ा

हमारे संवाददाता ने बताया है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से सरदार पटेल स्टेडियम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प बाईस किलोमीटर लम्बे इंडिया रोड शो में भाग लेंगे इस रोड शो में भारत के अलग अलग हिस्सों से आये कलाकार पारम्परिक पहनावे में नृत्य और संगीत प्रस्तुत करेंगे अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर विजय नैरा ने टिवटर के माध्यम से बताया है कि रोडशो में एक लाख लोग भाग ले रहे हैं

सुरक्षाकर्मी रोडशो के रास्तों की समीक्षा कर चुके हैं और उन्हें शहरभर में तैनात कर दिया गया है राष्ट्रपति ट्रम्प की आगामी यात्रा को लेकर स्थानीय लोग बहत उत्साहित हैं आज तक हमने ट्रम्प मोदी मेलानिया को सिर्फ टीवी पोस्टर्स और न्यूज पेपर्स में देखा है अब रीयल में देखेंगे तो और एक्साइट हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब और मेलानिया जी जो यहां अहमदाबाद पधार रहे हैं वो भी एक सौ तीस करोड़ भारतीयों के गेस्ट हैं

श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से उन विषयों पर विचार भेजने का आग्रह किया है जिन पर उनको चर्चा करनी चाहिये लोग एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शुन्य शुन्य डायल कर अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं वे नमो ऐप ओपन फोरम या माइ जी ओ वी डॉट इन पर भी लिख सकते हैं वे एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल के जरिए भी सुझाव दे सकते हैं

पहले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का आयोजन भुवनेश्वर और कटक में आज से एक मार्च तक किया जाएगा जिसमें देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा इसमें देश के एक सौ सतहत्तर विश्वविद्यालयों के करीब तीन हजार तीन सौ चालीस एथलीट हिस्सा लेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन यानी ग्राम शहरीकरण अभियान के कल चार वर्ष पूरे हो गये प्रधानमंत्री ने इस मिशन का शुभारंभ इक्कीस फरवरी दो हजार सोलह को छत्तीसगढ़ के राजनादगाव जिले में किया था इसका उद्देश्य राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में ऐसे ग्राम समूहों को विकसित करना है जिनसे समुचे क्षेत्र में चंहमुखी विकास का रास्ता खुलेगा उद्वाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस मिशन का शुभारम्भ देश के गांवों को स्मार्टे गांव बनाने के लिए किया गया है ग्रामीण विकास सचिव राजेश भूषण ने आकाशवाणी से खास बातचीत में बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूर्बन मिशन के तहत देश में करीब तीन सौ ग्रामीण क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं इन क्लस्टर्स में शहर की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी

महाशिक्रात्रि के पावन अवसर पर कल श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा श्रीकेदारनाथ धाम के कपाट खोले जाने की तिथि की घोषणा की गई

इसे प्रधानमंत्री की ओर से दरगाह पर चढ़ाया जाएगा चीन में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में नेपाल से लगी सीमा के निकट के जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है क्शीनगर जनपद में स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी बरत रहा है मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि कुशीनगर आने वाले पर्यटकों के स्वास्थ्य की जांच के लिए टीम गठित की गयी है उन्होंने कहा कि जनपद के सभी अस्पतालों में साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए हैं हमारे कुशीनगर प्रतिनिधि ने बताया कि चीन में कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद से कुशीनगर आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आयी है भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कृशीनगर आने वाले पर्यटकों में सबसे ज्यादा संख्या चीनी बौद्व मिक्षओं की होती है वाराणसी के राजघाट पर तीन दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है महोत्सव में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कल महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह महोत्सव काशी की अद्भुत सनातन परंपरा और यहां के प्रसिद्व महाशिवरात्रि पर्व के उल्लास से श्रद्वालुओं को परिचित करा रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करा रही है इससे यहां बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आने वाले श्रद्वालुओं को भविष्य में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा प्रदेश के पर्यटन संस्कृति और धर्मार्थ कार्य राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशानिर्देश पर काशी में महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी उन्तीस फरवरी के चित्रकूट दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं जिलाधिकारी शेषमणि पांडेय और पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने कल प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया इस अवसर पर जिलाधिकारी ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता कार्यक्रम का श्भारंभ किया यह विशेष स्वच्छता अभियान अट्ठाइस फरवरी तक चलेगा जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कस्बों और गांवों में विशेष अभियान चलाकर साफ सफाई कराने के निर्देश दिए हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सम्बद्व राज्य मेघालय के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट एक भारत श्रेव भारत अभियान के अंतर्गत अलीगढ़ के टपल ब्लॉक में इस सप्ताह एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया प्रदर्शनी में स्थानीय लोगों को मेघालय की लोक संस्कृति भाषा और वहां के पर्यटन स्थलों की जानकारी दी गयी प्रदर्शनी स्थल पर मेघालय के लोक संगीत पर छात्र छात्राओं ने इस खूबसूरत पूर्वोत्तर राज्य के लोक नृत्य भी प्रस्तुत किये क्षेत्रीय प्रसार अधिकारी नीरज कुमार भट्ट ने बताया नीरज कुमार भट लोगों का जानकर बढ़ा आस्वर्य हुआ कि मेघालय के लोग कैसे जो पेड़ होते हैं पेड़ से बाहर एरियन रूट्स जिनको हम कहते हैं हवा में जो जड़ें निकल आती हैं उन जड़ों को जोड़कर पुल बना देते हैं पुल को बनाने में दस से प्रदंह साल लगते हैं हाथों से कलाकारी करके वो उनको बनाते हैं और वो पूल इतने मजबूत होते हैं कि एक बार में उन पुलों में कम से कम पचास लोग भी आ सकें वो ये सारी जानकारियों इस प्रदर्शनी में थीं

आदित्य शुक्ला आकासवाणी समाचार गोरखपुर

बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने कहा कि गांवों में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए स्थान का चयन समुदाय के लोगों से चर्चा के बाद ही किया जाए उन्होंने कहा कि सामुदायिक शौचालय आबादी से ज्यादा दूरी पर न हो और प्रत्येक सामुदायिक शौचालय में एक सीट दिव्यांगों की सुविधा के अनुकूल निर्मित करायी जाए बस्ती जिले के रूपौली स्थित चीनी मिल ने किसानों को एक सौ निन्यानवे करोड़ रूपये का गन्ना बकाया भुगतान कर दिया है चीनी मिल की ओर से जिलाधिकारी बस्ती को एक पत्र भेजकर यह जानकारी दी गयी प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत राज्य के कई हिस्सों में कल दिन भर रूक रूक कर हुई बूंदावांदी और बारिश से मौसम में ठंड एक बार फिर बढ़ गयी है पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल दिन भर हल्की से तेज वर्षा हुई मौसम विभाग ने अगले एक दो दिन तक पूर्वांचल में मौसम के ऐसा ही बने रहने की संभावना व्यक्त की है मुजफफरनगर में बारिश के कारण गन्ने की कटाई और छिलाई प्रभावित हुई है उप निदेशक कृषि जसबीर सिंह तेवतिया ने बताया कि यह बारिश गेहूं की फसल के लिए काफी फायदेमंद है पीलीभीत में बारिश और तेज हवाओं से गेहूं और गन्ने की फसल को नुकसान के समाचार हैं उघर सुल्तानपुर जिले में हलियापुर थाना क्षेत्र के जराई कला गांव में कल आकाशीय बिजली गिरने से दो मजदूरों की मौत हो गयी और तीन बच्चे झुलस गये कौशाम्बी और सीतापुर में आकाशीय बिजली गिरने से तीन लोगों की मौत हो गयी

जिला रोजगार सहायता अधिकारी अरविन्द कुमार यादव ने बताया कि रोजगार मेले में विभिन्न निजी कंपनियों ने भाग लिया और इसमें छियानबे युवकों का नौकरी के लिए चयन किया गया